उन्होंने कहा कि कैडेटों ने बाढ़ से लेकर समी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद की है एनसीसी रैली को आज नई दिल्ली में सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान लोगों द्वारा अपनी जिम्मेदारियां निमाने से देश ने इसके कारगर परिणाम देखें हैं और उनके प्रयासों से भारत इस महामारी से बेहतर ढंग से निपट सका है एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देने का प्रभाव हमने इस कोरोना काल में भी देखा है जब देश के लोग एकपुट हुए अपना दायित्व निमाया तो देश कोरोना का अच्छी तरह मुकाबला भी कर पाया साथियों ये कालखंड चुनौतीपूर्ण तो रहा पर ये अपने साथ अवसर भी लाया अवसर चुनौतियों से निपटने का विजयी बनने का अवसर देश के लिए कुछ कर गुजरने का अवसर देश की क्षमताएं बढ़ाने का अवसर आत्मनिर्मर बनने का अवसर साघारण से असाघारण असाघारण से सर्वश्रेष्ठ बनने का श्री मोदी ने कहा कि देश के तटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों के लगभग एक सौ पचहत्तर जिलों में नई जिम्मेदारियां निमाने के लिए करीब एक लाख एनसीसी कैडेटों को सेना नौसेना और वायु सेना की ओर से प्रशिक्षित किया जा रहा है सरकार ने एनसीसी कैडेटों की भूमिका को और व्यापक करने के प्रयास किए हैं इससे पहले प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्होंने एनसीसी के विभिन्न अंगों के मार्च पास्ट का निरीक्षण किया एनसीसी कैडेटों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां के जरिए विभिन्न क्षेत्र में अपनी क्षमताएं भी दर्शायी श्री मोदी ने उत्कृष्ट एनसीसी कैडेटों को पुरस्कार प्रदान किए इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने एक बार फिर किसानों से विशेष रूप से पंजाब के किसानों से कहा है कि वे नरेन्द्र मोदी सरकार पर विश्वास रखें न कि अन्य लोगों पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख गीता गोपीनाथ के ट्विटर पर आये लेख का हवाला देते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि लेखिका ने भी किसानों की आय बढाने में नये कृषि कानूनों की भूमिका की सराहना की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पांच फरवरी तक स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड टीकाकरण की प्रकिया में केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए सभी मानकों और दिशा निर्देशों का पालन किया जाए मुख्यमंत्री ने कोविड की जांच के कार्य को भी सुचारू ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के संचालन में राज्य को देष में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर संतृष्टि जताते हए जन औषधि केंद्रों को और विस्तार देने के भी निर्देश दिए प्रदेश में कोविड टीकाकरण सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है राज्य सरकार ने टीकाकरण के लिए सप्ताह में दो दिन गुरूवार और शुक्रवार निर्धारित किये हैं टीकाकरण के अगले चरण में चार और पांच फरवरी को भी स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए जाएंगे टीकाकरण के अगले चरण में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को टीके लगाए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकतीस जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की तिहत्तरवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से कार्यक्रम के लिए प्रेरक कहानियां साझा करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उनमें से कुछ कहानियों को अपने कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं लोग टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और आज सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए एस एम एस में प्राप्त लिंक का उपयोग कर सकते हैं इस वर्ष नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है झांकी में अयोध्या में बनने वाले श्रीराम मंदिर को दर्शाया गया था नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना और निदेशक सूचना को यह पुरस्कार प्रदान किया केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने पुरस्कार पाने पर बधाई दी है जल संरक्षण और प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेगी

अधिक जानकारी के लिए लघू सिंचाई विभाग के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है